विश्व जल दिवस के अवसर पर आज उन्होंने वर्षा जल संचय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वर्च्यअल माध्यम से शुभारंभ किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढियों के लिए महत्वपूर्ण है इस अभियान का नारा है वर्षा जल की बूंदे जहां गिरे जब भी गिरे एकत्र करें

उन्होंने कहा कि देश में जल संकट की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है और पानी का द्रूपयोग रोकना समय की मांग है मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि प्रदेश के सभी जल शक्ति उपमंडलों में जल संरक्षण ढांचे बनाए जाएंगे उन्होंने कहा कि जल गुणवत्ता जांचने व जल स्त्रोतों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

इस दौरान जन सहभागिता से जल संग्रहण किया जाएगा और लोगों को पानी के संरक्षण बारे प्रेरित किया जाएगा

बाद में मुख्यमंत्री ने सराज विघानसभा क्षेत्र में करोडों रूपए की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए इनमें जंजैहली स्कूल में अढ़ाई करोड़ रूपए से बने विज्ञान भवन का लोकार्पण भी शामिल है जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकर भी इस मौके पर मौजूद रहे लोकसेवा आयोग राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा आज चार वर्ष के सेवा काल के बाद सेवानिवृत हुए इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आए व्यावधान के बाद आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर इस महीने तक अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए हैं राणा ने कहा कि हिमाचल लोकसेवा आयोग देश का पहला ऐसा आयोग बन गया है जहां ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई है उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया

प्रदेश में इस बार नगर निगम चनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं

इन नगर निगमों में सोलन धर्मशाला पालमपुर और मंडी शामिल है इसके अलावा चिड़गांव नेरवा आनी निरमंड कंडाघाट और अम्ब नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे

लोकनृत्य भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा आज शिमला के गेयटी थियेटर में जिला स्तरीय लोक नृत्य व लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें जिले भर से आए कलाकारों ने अपनी कला के जौहर दिखाए और शानदार लोक नृत्य व वाद्य यंत्रों को बजाकर खब समां बांधा

उन्होंने ऐसे कार्यक्रमो को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि युवा पीढ़ी को संस्कृति को जानने का मौका मिल सके